प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों और कामगारों के बैंक खातों में ऑन लाइन हस्तांतरण के माध्यम से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक हजार रूपये की आर्थिक सहायता धनराशि का अंतरण किया गया इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में दस लाख अड़तालीस हजार एक सौ छाछठ श्रमिक परिवारों के खाते में भरण पोषण भत्ता पहुंचाया गया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की तरफ से आश्वस्त कराता हूं कि श्रमिकों और कामगारों के हितों के लिये प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्वता के साथ कार्य करने को तैयार है उनको सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की गारंटी भी सरकार देगी उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि जो प्रवासी कामगार और श्रमिक शेष रह गये है उनकी स्किल मैपिंग के साथ उनके खातों की जानकारी शासन को उपलब्ध कराई जाये जिससे उनके खातों में धनराशि पहुंचाई जा सके मुख्यमंत्री ने कहा कि होम क्वारेंटीन की अवधि पूर्ण होने पर प्रवासी कामगारों और श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की कार्रवाई तेज की जाये

इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य पूरी क्षमता के साथ खतरनाक नोवेल कोरोना वायरस से लड़ाई कर रहा है

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रयास के तहत ही प्रत्येक जिले में ऐसी मशीने लगाई गई हैं

प्रदेश के हर जिले में लगी ट्रूनेट मशीनों से गैर कोविड मशीनों की आपातकालीन चिकित्सा में आसानी होगी और इनकी मदद से एएनसी प्री सर्जिकल और सीवियर एक्यूट रैस्पिरेट्री इन्फैक्शन सारी के मामलों की जांच अब सभी जिलों में हो पाना संभव हो जायेगा कोरोना की जांच ना होने की सूरत में इन मशीनों के जरिये ट्वूबरकोलेसिस की जांच भी की जा सकेगी

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनउ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिन लोगों के पास राशनकार्ड नहीं है उन्हें राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाये जिन्हें राशन किट नहीं मिल पाई है उन्हें राशन किट उपलब्ध कराई जाये इसके साथ ही जिनको अभी तक भरण पोषण भत्ता नहीं मिल पाया है तत्काल उनके खातों में धनराशि पहुंचाई जाये

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आने वाले प्रवासी कामगारों और श्रमिकों के लिये हर संभव मदद की गई है उन्हें सुरक्षित घरों तक पहुंचाया गया श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से निम्न वर्ग के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ है तो वह बीमारी को छिपाने के बजाये सामने आये प्रदेश में जांच और इलाज की व्यवस्था निःशुल्क है प्रदेश में एक लाख स अधिक बेड इसके लिये उपलब्ध है जहां मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अतंर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर कामकाजी बच्चों के लिये बाल श्रमिक विद्या मानधन योजना का श्भारम्भ किया इस योजना में बालक को एक हजार रूपये और बालिकाओं को बारह सौ रूपये देने का प्रावधान किया गया है साथ ही ऐसे बच्चों द्वारा कक्षा आठ नौ एवं दस उत्तीर्ण करने पर प्रतिवर्ष छह हजार रूपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन धनराशि देने का प्रावधान किया गया है इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक कंडीशनल कैश ट्रांसफर योजना है जिसका उद्देश्य कामकाजी बच्चों को बाल श्रम से अलग शिक्षा से जोड़ना है उन्होंने बताया कि देश में कामकाजी बच्चों को शिक्षा देने के लिये उत्तर प्रदेश में ऐसी योजना लागू करने वाला एक मात्र राज्य है मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण श्रमिकों के बच्चों अनाथ बच्चों या भूमिहीन परिवारों के बच्चों को अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिये पात्रता श्रेणी में रखा जायेगा अटल आवासीय विद्यालय में रहने खाने और सभी प्रकार की आवश्यक सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया कराई जायेगी इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जनपद आजमगढ़ गोण्डा बलरामपुर कानपुर लखनऊ तथा सोनभद्र के लाभार्थियों से संवाद किया श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बाल श्रमिक विद्या योजना के माध्यम से बाल श्रम को हतात्साहित करने में मदद मिलेगी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

भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में घर घर जनसम्पर्क अभियान शुरू किया है जिसके तहत पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता केन्द्र सरकार की एक साल की उपलब्धियों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचा रहे है इसी क्रम में जनसंघ के पहले अध्यक्ष रहे माधव प्रसाद त्रिपाठी के गांव में ड्रमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने जन सम्पर्क किया

इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है उन्होंने केन्द्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष की उपलब्धियों से लोगों को अवगत कराया और कोरोना से बचाव के लिये साबुन मास्क सेनिटाइजर वितरित किया भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हरीश चन्द्र श्रीवास्तव ने कहा कि इस अभियान के दौरान आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिय किये जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दो जा रही है और कोरोना से बचने के लिये लोगों को जागरूक किया जा रहा है बाइट सेवा संकल्प समर्पण का कार्यक्रम दिया है प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ से उसकी शुरूआत की है और वह स्वतः लखनऊ के बाब्रगंज में घर घर जाकर के प्रधानमंत्री जी के द्वितीय कार्यकाल का एक वर्ष पूरे होने पर जो देश को समृद्धिशाली और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का जो संदेश है उसको उन्होंने घर घर पहुंचाने का कार्य किया है बूथ से मंडल से सेक्टर से सभी कार्यकर्ता घर घर जायेंगे सम्पर्क करेंगे प्रधानमंत्री जी का पत्र लोगों को देंगे और उनका जो संदेश है वह लोगों तक पहुंचायेंगे

प्रदेश में कोरोना वायरस से आज लगातार दूसरे दिन बीस और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर तीन सौ पच्चासी हो गई है जबकि पांच सौ तीन नये मामले आने के साथ ही संक्रमण के कुल मामलों की संख्या तेरह हजार के पार पहुंच गई है प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज प्रेसवार्ता में यह जानकारी देते हुए बताया कि इस समय प्रदेश में चार हजार आठ सौ अट्ठावन मरीजों का इलाज चल रहा है जबकि सात हजार आठ सौ पचहत्तर लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है प्रदेश में राज्य सरकार ने फ्लैटिड फैक्टरी मॉडल अपनाने का फैसला किया है

हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि एक उच्चस्तरीय बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने फैसला किया कि बहुमंजिला भवनों में फैक्टरियां स्थापित की जाएंगी

प्रमुख सचिव अवस्थापना और औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने कहा कि इस नीति को लेकर राज्य के सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण सहमत है